प्रदेश की आठ लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में होने वाले मतदान के लिये चुनाव प्रचार आज शाम पांच बजे समाप्त हो गया

चुनाव में कुल एक करोड़ चालीस लाख मतदाता पच्चासी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे इनमें सिने अभिनेता राजबब्बर और फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी भी शामिल हैं इन लोकसभा सीटों में नगीना सुरक्षित सीट से सात बुलन्दशहर सुरक्षित सीट से दस अलीगढ़ से चौदह हाथरस सुरक्षित सीट स आठ मथुरा से तेरह आगरा सुरक्षित सीट से नौ फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से पन्द्रह और अमरोहा से दस प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं इन सभी आठ लोकसभा सीटों से संबंधित जिलों में मतदान की तैयारियां व्यापक स्तर पर जारी है

मरगूब हुसैन आकाशवाणी समाचार अमरोहा वहीं आगरा में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन राजनीतिक गहमा गहमी रही

चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस सपा बसपा रालोद गठबंधन और भाजपा द्वारा फतेहपुर सीकरी और आगरा सुरक्षित लोकसभा से चुनावी मैदान में भाग्य आजमा रहे अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष रैली और रोड शो कर जिताने की अपील की गई

सज्जन सागर आकाशवाणी समाचार आगरा गौरतलब है कि दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश सहित बारह राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश की सत्तानवे सीटों पर मतदान होगा लोकसभा चुनाव के छठे चरण की अधिसूचना आज जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है इस चरण में प्रदेश के चौदह संसदीय क्षेत्रों में आगामी बारह मई को मतदान सम्पन्न कराया जायेगा छठे चरण में जिन निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जायेंगे उनमें सुल्तानपुर प्रतापगढ़ फूलपुर इलाहाबाद अम्बेडकर नगर श्रावस्ती डुमरियागंज बस्ती संतकबीर नगर लालगंज सुरक्षित सीट आजमगढ़ जौनपुर मछलीशहर आरक्षित सीट और भदोही शामिल हैं इन सभी चौदह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में दो करोड़ तिरपन लाख से अधिक मतदाता है जिनमें एक करोड़ छत्तीस लाख से अधिक पुरूष एक करोड़ सत्रह लाख से अधिक महिला और एक हजार पांच सौ बत्तीस थर्ड जेंडर मतदाता हैं इन चौदह संसदीय क्षेत्रों में सोलह हजार नौ सौ अट्ठानवे मतदान केन्द्र तथा उन्तीस हजार छिहत्तर पोलिंग बूथ बनाये गये हैं इस चरण के लिये तेईस अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल किये जा सकेंगे अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच होगी और छब्बीस अप्रैल तक नाम वापस लिये जा सकेंगे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय ग्रहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ संसदीय क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया नामांकन से पहले श्री सिंह ने पार्टी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया

जनता दल यूनाइटेड के नेता के सी त्यागी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र नाथ पांडेय के साथ ही वरिष्ठ भाजपा नेता केशव मौर्य कलराज मिश्र सिद्धार्थनाथ सिंह दिनेश शर्मा और सुधांशु त्रिवेदी सहित हजारों भाजपा कार्यकर्ता इस रोड शो में मौजूद थे जो हजरतगंज स्थित पार्टी दफ्तर से शुरू होकर कलेक्ट्रेट में खत्म हुआ

सुशील चन्द्रव तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ गौरतलब है कि लखनऊ संसदीय सीट उन्नीस सौ इक्यानवे से अब तक भारतीय जनता पार्टी के ही कब्ज में है उन्नीस सौ इक्यानवे में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई इस सीट से निर्वाचित हुए थे और दो हजार चार तक उन्होंने पांच बार इस क्षेत्र का बतौर सांसद प्रतिनिधित्व किया

सर्वोच्च न्यायालय ने आज वह याचिका सुनवाई के लिए मंज्र कर ली जिसमें नमाज के लिए मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश देने की अनुमति मांगी गई है न्याायमूर्ति शरद बाबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में प्णे के एक दम्पति द्वारा दायर याचिका पर केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया न्यायालय का कहना था कि वह केरल के शबरीमला मंदिर मामले में अपने फसले को देखते हुए इस मामले पर विचार करने को तैयार है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

निर्वाचन आयोग ने आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर भाजपा नेता और केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी पर दो दिन और समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान पर तीन दिन के लिये चुनाव प्रचार करने पर पाबंदी लगा दी है यह प्रतिबंध आज सुबह दस बजे से प्रभावी हो गया है भाजपा नेता मेनका गांधी के खिलाफ यह प्रतिबंध उनके द्वारा सुल्तानपुर में चुनाव प्रचार के दौरान विवादित भाषण दिये जाने की वजह से लगाया गया है जबकि सपा नेता आज़म ख़ान पर यह प्रतिबंध रामपूर से भाजपा प्रत्याशी जया प्रदा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिये लगाया गया है आयोग इससे पहले भाजपा नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बहत्तर घंटे और बसपा प्रमुख मायावती पर अड़तालीस घंटे के लिये चूनाव प्रचार करने पर रोक लगा चुकी है इन दोनों नेताओं ने अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी जनसभा के दौरान विवादित बयान दिये थे

न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के फैसले पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि फिलहाल किसी और आदेश की जरूरत नहीं है सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पांचवें छठे और सातवें चरण में राज्य की उन्तालीस लोकसभा सीटों पर अपने पार्टी के प्रत्याशियों को चुनावो समर में उतारने का फसला किया है आज लखनऊ में मीडिया से बातचीत करते हुए श्री राजभर ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने उनकी अनदेखी की है इसलिए वह राजग से अलग हो रहे हैं जबकि प्रदेश की भाजपा सरकार के साथ वह अपना सहयोग जारी रखेंगे उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी वाराणसी से सिद्धार्थ राजभर और लखनऊ संसदीय क्षेत्र से बब्बन राजभर को चुनाव लड़ा रही है हाल ही में भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए सिने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई

कल जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर की जयन्ती है इस उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है